यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल शिमला स्थित गेयटी थियेटर में दंत महाविद्यालय के वार्षिक दिवस और पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर कही मुख्यमंत्री ने कहा ये भर्ती हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी जिससे दंत महाविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री ने दंत महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावास बनाने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में दंत चिकित्सक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी जयराम ठाकुर ने छात्रों से नशे को दूर करने को भी सरकार की मदद करने की अपील की इस दौरान मुख्यमंत्री ने कॉलेज की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया और शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने वाले प्राध्यापकों व छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए समारोह में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष रमेश धवाला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे मुख्य सचिव प्रदेश के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में भारत सरकार खाद्य एवं प्रसंस्करण सचिव पुष्पा सुब्रमण्यम से भेंट की उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित विभिन्न मुददों पर चर्चा की तथा इन परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति देने के लिए उनसे आग्रह किया मुख्य सचिव ने नए औद्योगिक क्षेत्रों ऊना जिला के पंडोगा कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी तथा सोलन जिला के अडवाल को मशहूर फूड पार्क के रूप में अधिसूचित करने का आग्रह किया ताकि ये इकाईयां इन क्षेत्रों में स्थापित की जा सकें मुख्य सचिव ने बताया कि इन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए मैगा इन्वेस्टर मीट और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा केंद्र ने इसके लिए सभी संभावित सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया

सत्र के दौरान कुल छः बैठकें होंगी जिसमें एक बैठक गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित की गई है विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने सभी विधानसभा सदस्यों से आग्रह किया है कि वे सदन के दौरान जनहित के मुद्दों पर चर्चा में भाग लें और सदन को संचालित करने में अपना पूर्ण सहयोग दें

इस संबंध में बागवानी विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है देवभूमि दर्शन प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य के प्रतिष्ठित स्थानों के दर्शन करवाने को देवभूमि दर्शन योजना बनाई है यह योजना प्रत्येक जिला मुख्यालय में लागू होगी व इसका क्षेत्र पूर्ण राज्य तथा साथ लगते राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र होंगे

आवेदनकर्ता अधिक जानकारी के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते है

बच्चों के अधिकारों देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को श्रद्दांजलि दी एक ट्वीट में श्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम और उनके शासनकाल में देश के लिए किए गए उनके योगदान को याद किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली में शांतिवन जाकर नेहरू जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए

वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है इस सिक्के में सेल्यूलर जेल की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र होगा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 नमस्कार